इसे मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या चार सौ तीस तक पहुंच गई है

बाड़मेर में मिले एक नये संकभित की ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है उन्होंने बताया कि कोरोना का हॉटस्पॉट बने जयपुर में अब तक प्रदेश के सर्वाधिक एक सौ चालीस जोधपुर में चौतीस झुंझुनू में इकतीस भीलवाड़ा और टोंके में सताइस सताइस मामले सामने आए हैं

जयपुर में चारदीवारी क्षेत्र के अलावा कुछ अन्य इलाकों में कोरोना के नये मामले सामने आने के बाद वहां कफर्यू लगा दिया गया है

कुशलगढ मध्यप्रदेश और गुजरात की सीमा से सटा हुआ है कस्बे की सीमा सील कर दी गई है जिला प्रशासन ने कस्बे को छावनी में तब्दील कर दिया है वहीं कोरोना संकमण से अछ्ते सिरोही और राजसमंद जिले में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद बने हुए हैं सिरोही जिले के पिण्डवाडा के अस्पताल परिसर में एक सेनेटाइजर चेम्बर तैयार किया गया जिसमें से निकलने वाला प्रत्येक व्यक्ति सेनेटाइज हो जाता है

उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि सरकारी कॉलेजों के अध्यापक विद्यार्थियों के लिए ऑन लाईन लेक्चर तैयार करने के साथ ही और कई सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं

उन्होंने बताया कि इसके लिए वेटरनरी विद्यार्थियों को सेल्फ सर्विस पोर्टल कक्षावार व्हाट्स ऐप ग्रुप और मोबाइल एप्स की सुविधा से जोड़ा गया है जंगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में भी अब ऑन लाईन पढाई करायी जा रही है

पोर्टल का उद्देश्य महामारी से कुशलता से निपटने के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की क्षमता को बढाना है

शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि अगर कोई संस्थान ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि समी शिक्षण संस्थानों को अपने यहां काम कर रहे अध्यापकों और अन्य कार्भिकों को समय पर वेतन देना होगा

राज्यपाल ने कहा है कि यदि मास्क नहीं हो तो गमछा दुष्पटे या रूमाल से अपने नाक और मुँह को ढक कर रखें सामाजिक द्री बनाए रखना आवश्यक है श्री मिश्र ने कहा कि इस लॉक डाउन के दौरान त्यौहार भी आ रहे हैं उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं देने के साथ ही घर से बाहर न निकलने और घर में रहकर ही पर्वों को मनाने की हिदायत दी है

अपने संदेश में श्री वकील ने कहा कि इस समय देशहित में सरकार और प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करना जरूरी है

इसका उद्देश्य जरूरी उपकरणों और दवाओं की खरीद के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना और सतर्कता प्रयासों को सशक्त करना है

डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ अंतरिम निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्याय मूर्ति एसरविन्द्र भट्ट की पीठ ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हाल के हमले को लेकर चिंता व्यक्त की

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने में यह एप एक महत्वपूर्ण कदम है

सरकार इसके लिए ट्रक और कार्गो की समुचित व्यवस्था कर रही है सड़कों पर आवश्यक वस्तुओं के सुचारू परिचालन के लिए वैध लाइसेंस और कागजातों सहित ट्रक ड्राइवरों के साथ एक अतिरिक्त व्यक्ति के रहने की अनुमति प्रदान की गई है देशभर में चिकित्सा और वित्तीय आपूर्ति की सेवा को सुनिश्चित कर रहे भारतीय डाक सेवा की लाल वैन सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं भारतीय वायुसेना भी पूरे देश में नियमित रूप से चिकित्सा आपूर्ति और आपांतकालीन उपकरण ले जा रही है

उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस के संकमण को रोकर्ने के लिए लॉकडाउन का पालन करते हुए सामूहिक रूप से इकट्ठा ना हो और सोशल डिस्टेसिंग रखते हुए अपने घर में ही रहकर इबादत करें वहीं अजमेर की ख्वाजा मोइनुददीन हसन चिश्ती की दरगाह के गददी नशीं सैयद फखर काजमी चिश्ती ने लोगों से अपील की है कि सभी की बेहतरी के लिए लोग घर में रहकर इबादत करें करौली चूरू सहित कई अन्य स्थानों पर शब ए बारात के मौके पर मस्जिदों में कोई सजावट नहीं की गई है और लोग घर में ही अपने पूर्वजों के लिए इबादत कर रहे हैं